विमिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो इक्कीसवीं सदी के भारत की आकांक्षाएं प्री करेगा उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है भारत के लिए लोकतंत्र जीवनमूल्य है जीवन पद्वति है राष्ट्र जीवन की आत्मा है भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुमवसे विकसित हुई व्यवस्था है भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है

उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की क्शलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविघाओं से लैस होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हआ है लोकसभा अव्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माणकरना आवश्यक हो गया था भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे संवैघानिक मूल्योंऔर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श हैं जिसे देखने और समझने के लिए दुनियामरके लोग आते है संसद का नया भवन देश की सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला संस्कृति और विविताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियोंकी प्रेरणा का केंद्र भी होगा इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायणसिंह गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह प्री कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे नये संसद भवन के निर्माण पर नौ सौ इकहत्तर करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें प्रानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे नया भवन अत्याधनिक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा की कम खपत वाला होगा नया लोकसभा परिसर मौजूदा परिसर से तीन गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का आकार भी पहले के मुकाबले बड़ा होगा सज्जा भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला शिल्प तथा वास्तुकला के विविध रूपों के अनुरूप होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष दो हजार इक्कीस के जनवरी तक कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन आ जाएगी लेकिन जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती कोरोना के प्रति सतर्कता बरतनी होगी दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी और मास्क को लगाए रखना होगा मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के मुख्य महोत्सव को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि छह सात वर्ष पहले तक भारत द्वनिया का अनुसरण करता था लेकिन अब स्थितियां बदल गई है अब पूरी द्वनिया भारत की ओर देख रही है और उसका अनुसरण कर रही है ऐसा उस नेतृत्व की वजह से संभव हो सका है जिसमें देश के विकास के प्रति प्रतिबद्वता है इस अवसर पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि भारतीय इतिहास से अगर गुलामी के काल को निकाल दिया जाए तो वैदिक काल से ही यहां ज्ञान के प्रति जिज्ञासा देखने और सुनने को मिली है इस जिज्ञासा को शांत करने के क्रम में ही भारत को विश्व ग्रु का दर्जा हासिल हुआ था भारत के ज्ञान जिज्ञास् विद्वानों ने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रमावित किया है आयोजन को जल शक्ति मंत्री डा महेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया देश ने कोविड जांच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है कोविड नमूनों की जांच का आंकडा पन्द्रह करोड को पार कर गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ लाख बयालिस हजार नमनों की जांच की गई स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले दस दिनों के दौरान एक करोड़ नमुनों की जांच की गयी पिछले चौबीस घंटे में इकतीस हजार से अधिक नए कोविड संक्रमण के मामले के साथ ही देश में अब तक संक्रमण के कृल मामले सत्तानवे लाख सड़सठ हजार से अधिक हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ बारह लोगों ने अपनी जान गंवाई आज मानवाधिकार दिवस है यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष दस दिसंबर को मनाया जाता है संयक्त राष्ट्र महात्मभा ने उन्नीस सौ अडतालिस में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोविड नाइन्टीन महामारी से संबंधित है जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाघिकार आयोग ने वर्चअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया